राज्यसभा में आज पेश किया जायेगा यह विधेयक

लोकसभा ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया है यह विधेयक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए सीधे भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा सदन के तीन सौ तेईस सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और तीन ने इसके खिलाफ वोट दिया ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और विधेयक सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि इससे सामान्य श्रेणी के लाखों गरीब लोगों को चाहे वे किसी भी धर्म के हों लाभ मिलेगा श्री गहलोत ने कहा कि यह कानून उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर भी निरस्त नहीं होगा क्योंकि इसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत लाया गया है इससे पहले विधेयक पेश करते हुए श्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि इससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए मौजूदा आरक्षण पर असर नहीं पड़ेगा

बहस की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के केवी थॉमस ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक के खिलाफ नहीं है और इसका समर्थन करती है लेकिन जिस तरह से इसे लाया गया है उससे सरकार की निष्ठा पर कई सवाल उठते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना समुचित तैयारी के विधेयक पेश किया है उन्होंने इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की मांग की वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि यह सबको समान अवसर देने के लिए उठाया गया कदम है और इससे सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित होगा उन्होंने कहा कि इस विधेयक को राज्य विधानसभाओं से मंजूरी की जरूरत नहीं है विधेयक पेश किये जाने के समय को लेकर आपत्तियों को दरकिनार करते हुए श्री जेटली ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि इस विधेयक को राज्यसभा में आज पेश किया जायेगा केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि लंबे समय से यह मांग की जा रही थी जिसे एनडीए सरकार ने पूरा किया है उन्होंने कहा कि अगड़ी जातियों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का यह प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्ग के साथ संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए ताकि इसे न्यायालय में चुनौती न दी जा सके श्री पासवान ने सरकार से निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी आरक्षण उपलब्ध कराने को कहा तृणमूल कांग्रेस के सूदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक के समर्थन में है हालांकि उन्होंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के सरकार के रिकार्ड को लेकर सवाल उठाया और इस दिशा में ठोस उपायों की मांग की शिव सेना के आनंदराव आदसुल ने भी विधेयक का समर्थन किया ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के एम थम्बीदुरई ने आरक्षण सीमा बढ़ाकर सत्तर प्रतिशत करने की मांग की बीजू जनता दल के भतृहरि मेहताब ने भी विधेयक का समर्थन किया मार्कसवादी कम्मुनिस्ट पार्टी के जितेन्द्र चौधरी ने भी कहा कि उनकी पार्टी सिद्धांत रूप में विधेयक के पक्ष में है जनता दल यूनाईटेड और अपना दल ने भी विधेयक का समर्थन किया लोकसभा में विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह देश के इतिहास में यूगांतकारी क्षण है श्री मोदी ने कई टवीट संदेशों में कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसे सबके विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए प्रधानमंत्री ने समर्थन के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार प्रकट किया उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी निर्धन चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हों सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें और हर संभव अवसर का लाभ उठा सकें केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह स्मृति ईरानी और हर्षवर्धन तथा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी विधेयक पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है सीबीआई की टीम ने पटना स्थित आंध्रा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक संदीप कुमार को रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है सूत्रों ने बातया कि प्रबंधक ने एक राईस मील मालिक से बीस लाख रूपये की पहली किस्त के तौर पर पचास हजार रूपये लेने के लिए अपने आवास पर बुलाया था गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने बैंक प्रबंधक के आवास पर छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज बरामद किये है वहीं दूसरी ओर लोन से संबंधित धोखाधड़ी मामले में पटना पुलिस ने फ्रेजर रोड ब्रांच की पंजाब नेशनल बैंक की प्रबंधक अंजना सिंह को गिरफ्तार किया है राज्य सरकार ने फुलवारीशरीफ केन्द्रीय कर्मशाला में गेल इंडिया को सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना के लिए डेढ़ एकड़ भूमि के हस्तांतरण की मंजूरी दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने फुलवारीशरीफ केन्द्रीय कर्मशाला में सीएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण करने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है कैबिनेट ने गुरु गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के तीन सौ बावनवें प्रकाश गुरूपर्व के आयोजन के अवसर पर पटना में कंगनघाट पर अस्थायी टेंट सिटी निर्माण के लिए आठ करोड़ एक लाख रूपये की स्वीकृति दी है पटना उच्च न्यायालय ने अगले तीन महीने में दो हजार चार सौ तेरह सहायक शिक्षकों की बहाली की चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है न्यायालय ने कहा है कि आठ अप्रैल तक बहाली अगर पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और अपर सचिव तथा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक वेतन का उठाव नहीं करेंगे न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने एक दायर अवमानना याचिकाओं का निष्पादित करते हुये यह आदेश दिया गौरतलब है कि चौतीस हजार पांच सौ चालीस शिक्षकों की बहाली में बचे हुये रिक्त पदों का यह मामला है पटना जैविक उद्यान में फैले बर्ड फ्लू को लेकर पक्षियों और मिट्टी के भेजे गये सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है साथ ही इस उद्यान के चौदह पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भी जांच रिपोर्ट भी सामान्य पाया गया है संक्रमण मुक्ति के लिए जैविक उद्यान में किटनाशक का छिड़काव जारी है राज्य के बाहर से आने वाली मछलियों के सभी सैंपल में कैंसर के तत्व के मौजूद होने की पुष्टि हो गयी है राज्य सरकार की ओर से बाहर से आने वाली मछलियों की जांच के लिए भेजे गये सभी दस सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है इन सभी में मानव स्वास्थ्य के लिए कैंसरकारक तत्व के पूष्टि होने के साथ फार्मिलीन जैसे हानिकारक तत्व पाये गये है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुये कहा कि आंध्रप्रदेश से आने वाली मछलियों पर रोक लग सकती है राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अगले तीन दिनों तक मौसम में ज्यदा बदलाव नहीं होगा जम्मू कश्मीर की ओर से आने वाली ठंडी हवा कमजोर पड़ गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों तक दिन का तापमान बाईस से चौबीस डिग्री सेल्सियस के आस पास रहेगा आंध्रप्रदेश में आयोजित चौसठवीं राष्ट्रीय स्कूली बॉल बैडमिंटन चैंपिनयशिप में बिहार ने तीनों वर्गो में जीत दर्ज की है ट्र्नामेंट में बालक वर्ग के अंडर नाइनटीन में बिहार ने सीबीएसई विद्यालय संगठन दिल्ली अन्डर सेवेंटीन वर्ग में दिल्ली और अन्डर फोरटीन आयु वर्ग में भी दिल्ली को पराजित किया ब्रिटेन के उच्च आयुक्त बकनेल ने पटना के मोइनुलहक स्टेडियम के बाहरी परिसर स्थित क्रिकेट एकेडमी ऑफ बिहार ग्राउंड का दौरा किया इस दौरान रणजी ट्रॉफी मैचों सहित क्रिकेट गतिविधियों पर चर्चा की अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने केन्द्र सरकार की ओर से पिछड़े सवर्णो के लिए घोषित दस प्रतिशत आरक्षण को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है गरीब सवर्णों का आरक्षण लोकसभा ने मंजूर किया दैनिक जागरण लिखता है सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास राजद ने बिल का किया विरोध आज राज्यसभा में होगा पेश भाजपा ने अपने सदस्यों को जारी किया व्हिप दैनिक भास्कर की सुर्खी है कैबिनेट के फैसले फुलवारी में बनेगा सीएनजी स्टेशन पटना में सीएनजी वाहन चलेंगे गेल को फिलिंग स्टेशन के लिए दी जमीन प्रभाात खबर ने लिखा है तीस हजार शिक्षा सेवकों को मिलेगा पीएफ का लाभ आज अखबार ने शिक्षक नियुक्ति की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है शिक्षकों की नियुक्ति नही तो अधिकारियों का वेतन बंद

राज्यसभा में आज पेश किया जायेगा यह विधेयक